आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें स्रक्षित दूरी बनाए रखने जैसे निर्देशों का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं के साथ दूसरों की स्रक्षा भी सुनिश्चित होगी प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता है और कोविड नाइन्टीन के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में मदद के लिए उनके योगदान की सराहना करता है उन्होंने कहा कि लोग घर में रहकर स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर सकते हैं

उन्होंने कोरोना महामारी के संकट के बीच लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरॉ नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आमार प्रकट किया है एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखें घरों में रहें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें श्री योगी ने कहा कि आज का दिन सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का दिन है उन्होंने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयास से कोरोना महामारी की चुनौती से निपटा जा सकता है प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए नये तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेरठ में कुछ सैकिण्ड में लोगो को सेनेटाइज करने के लिए विशेष सेनेटाइजेशन कैंबिन और चैम्बर बनाये गये हैं मेरठ में छावनी परिषद की ओर से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर एक खास सैनिटाइजेशन और कीटाण्शोधन कक्ष बनाया गया है इस केबिन नुमा चैम्बर में सैनिटाइजर और कीटाण्शोधक रसायनों का स्प्रे होता है और कृष्ठ सेकंड के भीतर ही बिना हाथों के इस्तेमाल के ही व्यक्ति कीटाणु मुक्त हो जाता है छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद चौहान ने आकाशवाणी को बताया कि इस सुक्विधा का इस्तेमाल दूसरे विभागों के कर्मचारी भी कर सकते हैं ताकि जब वे अपने कार्यालय जायें तो किसी को भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका न रहे प्रदेश सरकार ने बीमार और बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले और धार्मिक स्थानों पर मौजूद लोगों से आगे आकर अपनी जांच कराने का अन्रोध किया है सरकार ने फेसब्क ट्वीटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कोरोना वायरस के फैलने से जुडे फर्जी समाचार और आपत्तिजनक वीडियो हटाने की भी अपील की देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखे और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए हाथ को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक धोना चाहिए यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से त्रंत परामर्श ले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टॉल फ्री नम्बर एक शृन्य सात पांच जारी किया है कुशीनगर जिले में तबलीगी जमात के दस लोगों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटीन किया है पुलिस अधीक्षक विनोद क्मार मिश्र ने बताया कि ये सभी लोग असम के रहने वाले हैं और पिछले महीने दिल्ली के निजामुददीन में मरकज में शामिल हए थे उन्होंने बताया कि एक ई मेल के जरिये इन लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी है हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनीषा अनुरागी ने यूपी कोविड केयर फंड में अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रूपये की धनराशि दी है उन्होंने कहा कि देश इस समय कोरोना महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है ऐसे में सभी को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा उन्होंने लोगों से भी यथासंभव आर्थिक मदद देने की अपील की है

यहां एक युवक की कोविड नाइन्टीन से मृत्यु भी हुई है जिन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वे सभी मृतक युवक के संपर्क में आए थे जिले में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने लोगों से घरों में रहने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने की अपील की है